प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माल दुलाई के विशेष गलियारे ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खण्ड का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस किसान रेल से दोनों राज्यों के किसानों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल सेवा किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रयास है इससे खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा मैं सबसे पहले देश के करोड़ो किसानों को बघाई देता हूं अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्विम देश के हर क्षेत्र की खेती को किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है कोरोना की चुनौती के बीच भी बीतें चार महीनों में किसान रेल का यह नेटवर्क आज सौ के आंकड़ें पर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेवा देश में शीतभंडारण आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी नए कृषि सुधारों के बाद किसान रेल की सुक्विया के बाद एक और विकल्प मिला है अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है वो फलों और सब्जियों के ट्रांचपोर्ट पर सब्जिडी का भी लाभ ले सकता है किसान रेल एक प्रकार से चलता छिरता कोल्ड स्टोरेज भी है यानी इसमें फल हो सब्जी हो दूध हो मछली हो जो भी जल्द ही खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता दिखाती है यह इस बात का प्रमाण है कि देश का किसान कितनी तेजी के साथ नए अवसरों का लाभ उठाने की ओर बढ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान रेल और कृषि उडान सेवा किसानों को अन्य राज्यों में अपनी उपज बेचने में मदद करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि में नई प्रौद्योगिकी तेजी से शामिल हो रही है कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के लिए भंडारण और प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ी आधारभूत सुविघाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्रषि संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क शीतमंडारण सुविधाएं और कृषि प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए छह हजार पांच सौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए दस हजार करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रयासों की सफलता ग्रामीण लोगों किसानों और युवाओं की मदद से ही संभव है उन्होंने कहा कि किसान संगठनों स्व सहायता समूहों और सहकारी संगठनों तथा कृषि आधारभूत संरचना को बढावा देने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हाल में किए गए सुधार कृषि व्यवसाय के विस्तार में मदद करेंगे जिनसे कृषि समूहों को सबसे ज्यादा फायदा होगा

उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है श्री मोदी ने कल दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया वर्षअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिये चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है शहरीकरण हो रहा है तेकिन इसके आफटर इफ्रेक्टिव से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ़ास्ट्रक्वर के मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है साथियों इस सोच से अलग आघुनिक सोच यह कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इफ्रास्ट्रक्वर बना सकते हैं एक ऐसा अवसर जिसमें हम इज ऑफ लिविंग का बढ़ा सकते हैं सोच का यह अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने को प्रोत्साहन देने मेक इन इंडिया के विस्तार और आध्निक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है श्री मोदी ने कहा कि आध्निक तकनीक का इस्तेमाल आज समय की मांग है

सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए यह छठे दौर की बातचीत होगी सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे चालीस किसान संगठनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वायु गुणवत्ता तथा बिजली संबंधी कानूनों पर भी चर्चा होगी

उन्होंने कहा कि नये स्ट्रेन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाये और कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाये रखे

उन्होंने कहा कि कोरोना के नये स्ट्रेन की जांच के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेपिड एनटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाये और आरटीपीसीआर टेस्ट को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटेन फ्रांस और अन्य देशों से आए सभी लोगों का पता लगाकर उनका आरटीपीसीआर परीक्षण करने का आदेश दिया साथ ही परिणाम आने तक उन्हें क्वारंटीन में रहने को कहा

इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों अपर पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों पुलिस उप महानिरीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों और जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए इन गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन कराने के लिये कहा गया है

इसके अतिरिक्त नव वर्ष के पर्व को देखते हुए भड़काऊ और विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की रोकथाम के लिये जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाये

होटलों रेस्टोरेंट शापिंग माल रेलवे स्टेशन मुख्य मार्गो और बाजारों में पुलिंस की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नामित अधिकारियों को संबंधित जनपद के भ्रमण के दौरान विकास कार्यो की गहन मानीटरिंग करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि समी नोडल अधिकारीगण जनपद भ्रमण के बाद आज अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें